केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे महत्वपूर्ण फैसला बताया है

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आयुर्वेद सम्माहित औषधियां कोरोना संक्रमण से बचने और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभकारी है हरियाणा के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि पर्यावरण प्रकृति और जैव विविधता एक दूसरे के पूरक है केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के लिए लाये गये अध्यादेश का किसानों ने स्वागत किया है जींद जिले मे किसानों ने आकाशवाणी से बातचीत मे कहा कि इस फैसले से किसान ख्शहाल होगा किसानों ने कहा कि फसलों को आवश्यक वसत् अधिनियम से बाहर करने सके अब वे अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे और निर्यात कर सकेंगे उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसानों की लंबित मांगों पर कई सराहनीय निर्णय लिये है केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों के हक के लिए गये फैसलों का स्वागत करते हये किसानों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि पंजाब सम्मान निधि के बाद किसानों के हक मे लिया गया यह एक बड़ा फैसला है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अब किसान देश के किसी भी राज्य में किसी भी व्यापारी को उन मुल्य पर फसल बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे जो उन्हें ठीक लगता हो

श्रीमती ईरानी ने यह भी कहा कि कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर ने स्पष्ट किया है कि किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती रहेगी

रोहतक से हमारे संवाददाता ने पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सक और राज्य कोरोना नोडल अधिकारी डॉ ध्रव चौधरी उनकी पत्नी और बेटी के कोरोना संक्रमित होने की खबर दी है कोविड वार्ड में डयूटी देने वाले अन्य डाक्टरों व कर्मचारियों के नमूने लेकर जांच के लिए भैजे गये है अम्बाला शहर मे भी दिल्ली से लौटकर आई एक महिला भी कोरोना पोजिटिव पाई गई है चरखी दादरी में भी आज पांच लोग कोरोना से संक्रमित पाये गये है

भिवानी जिले मे आज नौ और ऐलनाबाद मे एक व्यक्ति कोरोना पोजिटिव पाया गया है इन सभी के सम्पर्क में रहे व्यक्तियों की जांच की जा रही है

आज नई दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत में केन्द्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह प्री ने कहा कि देश कोरोना वायरस के संक्रमण और मौतों की गिनती को बड़े स्तर पर रोकने में सफल रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सही समय पर मिले सक्रिय नेतृत्व मे पहले से ही की गई तैयारियों के कारण इस महामारी से देश में बह्त कम मौतें हई

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आयर्वेद में सम्माहित औषधियां कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करती हैं तथा शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का काम करती है वह अम्बाला छावनी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि समूचे हरियाणा प्रदेश में आयुर्वेदिक पद्घति का प्रचार और प्रसार जारी है प्रदेश के सभी जिलों में आयुर्वेद बारे लाखों की संख्या में किताबे और प्रचार साहित्य वितरित किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है किं कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने और शारीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आय्र्वेदिक पद्घति बहत ही लाभकारी है उन्होंने कहा कि रोगों से लडने की क्षमता बढ़ाने को लेकर आयर्वेद पदघति का महत्व बढ़ा है हमें पद्घति को अंगीकार करते हए इसका लाभ उठाने की जरूरत है विज ने कहा कि प्री द्निया कोरोना माहामारी से जूझ रही है और हम भी इससे अछूते नही हैं सरकार दवारा हर तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोकने के प्रयास जारी हैं इसमें हमें आशातीत सफलता भी मिल रही है जरूरत इस बात की है कि लोग सरकार दवारा जारी निर्देशों की पालना के तहत सामाजिक दूरी बनाएं रखें मास्क इत्यादि का प्रयोग करें हैंड सैनिटाइजर व साब्न पानी से हाथ साफ करते रहें आय्र्वेदिक चिकित्सकों दवारा बताई गई औषधियों का भी उनकी सलाह से प्रयोग करते रहें ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत और मजबूत हो सके हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कंवल पाल ने कहा है कि पर्यावरण प्रकृति एवं जैव विविधता एक दूसरे के पूरक है

उन्होंने कहा कि अब कल मनाये जा रहे अंतराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर जैव विविधता थीम रखा गया है इससे यह साबित होता है कि जैव विविधता प्राकृति और पर्यावरण तीनों का परस्पर गहरा सम्बध है

श्री कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राजय में जैव विविधता बारे जानकारी संकलित करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है

चर्चा के दौरान एक तरह जहां छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग स्कूलों की सैनेटाइजेंशन जैसे मुद्दों पर विचार लिए गये वहीं अधिकतर सदस्यों ने अपनी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों को न खोलने पर सहमति जताई सभी क्ल शर्तो के साथ नौवीं से बारहवीं तक की कक्षायें खोलने के लिए एकमत दिये